शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर दे रही है बल

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने में तेजी लाएं अधिकारी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

अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि उन्हें अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए टैक्सी का भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा ये बस सेवा शुरू होने से राज्य में पर्यटन व्यवसाय में और तेजी आने की सम्भावना है

परिवहन मन्त्री ने कहा कि बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिये अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों में भी राज्य में ऑनलाईन शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है गोविंद ठाकुर आज मण्डी जिला के रिवालसर के धार में सामाजिक संचार व शिक्षा समिति द्वारा स्कूल के डिजिटलीकरण पर आधारित कार्यक्रम में बोल रहे थे समिति द्वारा तैयार की गई इस प्रणाली को विशेषज्ञों द्वारा परखा जाएगा और खरा उतरने पर इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है शिक्षा मंत्री ने रिवालसर में निर्माणाधीन कॉलेज भवन का निरीक्षण भी किया बाद में शिक्षा मेंत्री ने कुल्लू में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की

उन्होंने कहा कि इस धनराशि से राज्य में आर्थिक विकास को गति मिलेगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल के साथ विशेष लगाव है यही कारण है कि केन्द्र से हिमाचल को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता मिल रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र से मिली धनराशि से प्रदेश में बुनियादी ढांचा विकसित करने रोजगार सुजन स्वरोजगार के अवसर स्थानीय व्यवसायों के सशक्तिकरण और पूंजी प्रवाह से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आर्थिक खुशहाली आएगी हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चुराह विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक शोषण का शिकार रहा इस दौरान इस क्षेत्र से कई विभागीय कार्यालय और संस्थान दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए जिससे खासकर चुराह घाटी का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ उन्होंने इन कार्यालयों और संस्थानों को दोबारा चुराह विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया हंसराज आज चुराह घाटी में गड़फरी से शनेवां सड़क के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी की ई विस्तारक योजना को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और इस योजना का फायदा पार्टी को पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय चुनावों में मिलेगा उन्होंने दावा किया कि भाजपा पंचायती राज चुनावों में जीत का परचम लहराएगी सुरेश कश्यप आज शिमला में जुब्बल कोटखाई व रोहडू मण्डल की ई विस्तारक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमीरपुर कांगड़ा और मण्डी क्षेत्र की ई विस्तारक योजना सम्पन्न हो गई है जिसमें शत प्रतिशत सत्यापन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है आज से शिमला संसदीय क्षेत्र की ई विस्तारक योजना आरम्भ हो गई है उन्होंने कहा कि इस योजना के पूर्ण होने के बाद सभी मोर्चों की भी ई विस्तारक योजना पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी डीसी कांगडा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और आम जनमानस को इसके बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में आज से जागरूकता अभियान आरम्भ हुआ

इस अभियान के तहत जब तक दवाई नहीं तब तक ढीलाई नहीं का संदेश लोगों को दिया जाएगा अभियान के तहत लोगों को मास्क का सही प्रयोग करने हाथों की स्वच्छता दो गज की दूरी और लक्षण होने पर नजदीकी फ्लू सेंटर में टैस्ट करवाने और आइसोलेशन के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी साथ ही बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा अभियान के दौरान जिलों में सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के कोरोना टैस्ट भी करवाए जाएंगे

जिनका विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में ईलाज चल रहा है

प्रदेश में कोरोना से आज एक मरीज की मौत भी हुई है

दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा ने कोरोना पीड़ित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में धर्मगुरू दलाई लामा ने आशा व्यक्त की है कि हम कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का शीघ्र अंत देखेंगे उन्होंने कहा कि इस महामारी ने विश्व के सभी देशों के सामने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा का आभार जताया है धुमल अपील पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफैसर प्रेम कुमार ध्मल ने कोरोना से बचाव के लिये लोगों से प्रधानमंत्री के जन आन्दोलन से जुड़ने की अपील की है

इसलिए सभी विभागों के अधिकारी तीव्र गति से कार्य करें ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिल सके

उन्होंने कहा कि विकास कार्यो को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारी लोगों के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करें राजेन्द्र गर्ग ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की और जिले में कोरोना महामारी को लेकर जनसहयोग आंदोलन का शुभारम्भ किया गर्ग ने कोरोना से बचने के लिए जन सहयोग आंदोलन की शपथ भी दिलाई गणेश दत्त हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने परवाणु सेब नीलामी केन्द्र में कुछ ठेकेदारों द्वारा एमआईएस के सेब की खरीद में पूलिंग करने का कड़ा संज्ञान लिया है उन्होंने आज नीलामी केन्द्र के औचक निरीक्षण के बाद हिमफैड के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सेब को बेचने में जल्दबाजी न दिखाएं और ठेकेदारों की पूलिंग पर कड़ी निगरानी रखें उन्होंने ये भी कहा कि उचित मूल्य मिलने पर ही सेब की नीलामी को अंतिम रूप दिया जाए